इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी करेंगे

वे भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में उद्योगपतियों और कारोबारियों को संबोधित कर रही थीं सीतारामन ने कहा कि पर्यटन रियल एस्टेट आतिथ्य और एयर लाइंस जैसे कुछ क्षेत्रों पर महामारी का बहुत ज्यादा असर पड़ा है तथा हालत सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 शाही स्नान कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा आज राधा अष्टमी पर शाही स्नान के साथ संपन्न हो गई भरमौर के संचुई क्षेत्र के शिव के गुर ने डल झील को पार किया जिसके बाद शाही स्नान शुरू हुआ कोरोना महामारी के कारण इस बार श्रद्वालुओं के मणिमहेश यात्रा पर जाने पर प्रतिबंध था

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं बीबीएन में कोरोना से बुजुर्ग की मौत निजी शिक्षण संस्थान में था बस चालक

हिमाचल दस्तक के शब्द है प्रदेश में कोरोना से एक और मौत

प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक पर अमर उजाला की सुर्खी है शांता शामिल नहीं हुए धूमल बोले नहीं दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है विधायक बलबीर ने नाराजगी जताई तो कुछ घंटों में ही अंब को बना दिया नगर पंचायत

इसी समाचार पत्र के अनुसार डिफेंस सेक्टर में प्रवेश के द्वार खोलेगी एचपीयू

मणिमहेश शाही स्नान पर पंजाब केसरी ने खबर दी है सचुई के शिव चेलों ने डल तोड़ किया शाही स्नान का शुभारंभ वहीं आपका फैसला का कहना है वाद्य यंत्रों के गगनमेदी स्वरों व भगवान शिव जयघोष से शुरू हुआ मणिमहेश शाही स्नान मौसम पर हिमाचल दस्तक लिखता है कांगड़ा समेत सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जबकि आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में चार दिन तक भारी बारिश की चेतावनी